उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को डीपीआर मंजूरी के लिए भेज दी गई है और अब यह मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सुकेती खड्ड की जद में नैरचौक मैडिकल कॉलेज यहां बनने वाला हवाई अडडा और फोरलेन भी है इसलिए इसका चैनेलाइजेशन किया जाना बेहद जरूरी है

गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड से ट्यूबयैल के लिए बजट जारी किए जाने का मामला उठाएगी ताकि लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके

उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिक्षा विभाग से मामला उठाया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने भवन में बिना किसी किराए के पंचायत कार्यालय चलाने को जगह दे तो विभाग इसकी इजाजत देगा वे भाजपा सदस्य हीरा लाल के मूल और अरूण कुमार व कर्नल इंद्र सिंह के अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे वीरेंद्र कवर ने कहा कि नई पंचायत के भवन की व्यवस्था होने तक पुरानी पंचायत में कार्यालय चलेगा उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि चंबा जिले के लिए बेबी किट विशेष रूप से खरीदी गई थी विधायक पवन नैय्यर के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग को बेबी किट्स और अन्यों की खरीद को छह लाख रुपए दिए गए थे

मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी दल कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति संस्कार और ईमानदारी की है लेकिन कांग्रेस ने राज्यपाल के साथ विधानसभा परिसर में बदसलूकी कर प्रदेश की छवि को धूमिल किया है धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब के समय पूरा विपक्ष सदन से गैर हाजिर रहा जयराम ठाकुर ने कहा कि ये राज्यपाल के साथ हुई बदसलूकी के खुद चश्मदीद गवाह हैं और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ही राज्यपाल के एडीसी को धक्का दिया था मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नियम अनुमति देते हैं तो इस घटना की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग न केवल सदन में बल्कि पूरे प्रदेश में दिखाई जाए ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि कांग्रेस किस संस्कृति में विश्वास करती है जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करती है और अपनी आलोचना को सहजता से लेती है लेकिन कांग्रेस ने विरोध की सारी सीमाएं लांघ दी है उन्होंने कांग्रेस के इस दुर्व्यवहार को उसे लगातार मिल रही हार की बौखलाहट करार दिया और कहा कि कांग्रेस इस मामले में अभी तक बहुत देर कर चुकी है वक्तव्य मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों का आहवान किया है कि वे खुद को कोरोना वैक्सीन लगवा कर लोगों को यह टीका लगाने के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि विधायकों के कोरोना वैक्सीन लगाने से इसका प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार होगा